जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आपदा से निपटने के लिए प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम

ये निर्णय आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकर की अध्यक्षता में हई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया

बैठक में राज्य में हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना लागू करने का भी निर्णय लिया गया इसके तहत अधिकतम पांच सदस्यों वाले परिवार के लिए प्रतिवर्ष पांच लाख रुपए की कैशलेस उपचार कवरेज प्रदान की जाएगी आयुष्मान भारत के तहत सूचीबद्ध अस्पताल स्वास्थ्य देखभाल योजना के लिए भी सूचीबद्ध होंगे योजना में राज्य के वे सभी परिवार शामिल होंगे जो परिवार आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं है मंत्रिमंडल योजना में गौवंश के संरक्षण के लिए गौ सेवा आयोग की स्थापना को भी मंजूरी दी

इसके तहत महिलाओं को आजीविका के अवसरों से जोड़ना और प्रशिक्षण प्रदान कर उनका कौशल विकास किया जाएगा मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के सराज क्षेत्र में राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय खोलने को भी सैद्वांतिक मंजूरी दी है बिक्रम सिंह उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा है कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार कृतसंकल्प है और उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे है

बिक्रम सिंह ने कहा कि दिव्यांगजनों को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है और इस दिशा में कल्याण योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा कार्यशाला में चेतना संस्था की संस्थापक मल्लिका नड्डा ने दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पहचानपत्र जारी करने का आग्रह किया बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सिरमौर जिले को नशामुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए लोगों से रचनात्मक सहयोग देने का आहवान किया है सिरमौर जिले में अंतर्राष्ट्रीय रेणुकाजी मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने से ही नशामुक्त समाज की परिकल्पना की जा सकती है बिंदल ने कहा कि सिरमौर जिले को विकास का मॉडल बनाने के प्रयास किए जा रहे है और अनेक विकास परियोजनाएं स्वीकृत कर इन पर कार्य शुरू किया गया है वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने प्रदेश की स्वच्छता में ग्राम पंचायतों के योगदान को अहम बताया है शिमला में आज एक समारोह में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी स्वच्छता पर विशेष बल दे रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनसंख्या बढ़ने व विकास कार्यो से व्यापक तौर पर कचरे का सृजन हो रहा है जिसका सही ढंग से निष्पादन जरूरी है वीरेंद्र कंवर ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत उत्कृष्ठ कार्यो के लिए पंचायतों को सम्मानित भी किया प्रदर्शनी प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय खादी व ग्रामोद्योग प्रदर्शनी आज कुल्लू में शुरू हुई एडीएम अक्षय सूद ने इस दस दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया

उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य ग्रामीण शिल्पकारों और छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित कर उनके उत्पादों का बेहतर विपणन सुनिश्चित करना है कांग्रे स हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं का एक दिवसीय सम्मेलन आज ऊना में आयोजित किया गया इस दौरान पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल ने लोकसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लिया और पार्टी नेताओं व कार्यकर्त्ताओं को जरूरी दिशानिर्देश दिए उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के आदेश पर वे प्रत्येक संसदीय क्षेत्र से फीडबैक ले रही हैं और इसकी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी जाएगी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह सुक्खू और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भी सम्मेलन को संबोधित किया वीरभद्र सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि पांच राज्यों में हो रहे चुनाव देश की दिशा और दशा तय करेंगे एक ब्यान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और पार्टी प्रदेश की चारो लोक सभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी वीरभद्र सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायकों के क्षेत्रों के साथ विकास के मामले में भेदभाव किया जा रहा है और वर्तमान कार्यकाल में राज्य सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है योजना प्रदेश के छः जिलों में महानगरों की तर्ज पर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन बिछाई जाएगी यह सुविधा शिमला सिरमौर सोलन बिलासपुर हमीरपुर और ऊना जिलों में शुरू की जाएगी

इंडियन ऑयल के महाप्रबंधक सुबोध वाजपेयी और संजीव कुमार शर्मा ने आज शिमला में बताया कि राज्य में इस प्रोजैक्ट को दो भागों में बांटा गया है

उन्होंने कहा कि ये गैस एलपीजी के मुकाबले सस्ती है और प्रयोग करने के बाद ही उपभोक्ताओं को इसका भुगतान करना पड़ेगा धूमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि सहकारी सभाएं ग्रामीण स्तर पर वर्षो से दिनरात सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है हमीरपुर जिले के बिझड़ में आज सहकार सप्ताह के अंतिम दिन हुए समारोह में उन्होंने कहा कि सहकार से अभिप्राय सहयोग से मिलजुल कर आगे बढ़ना है धूमल ने कहा कि देश की पहली सहकारी समिति ऊना जिला के पंजावर गांव में बनी थी और उसके बाद समय समय पर सहकार व्यवस्था में सुधार हुआ है विमोचन शिमला के समीप केंद्रीय कारागार कंडा में सजा काट चुके विक्रम किमटा द्वारा जेल में लिखी गई पुस्तक का पुलिस महानिदेशक कारागार सोमेश गोयल ने आज शिमला में विमोचन किया विक्रम किमटा जुब्बल क्षेत्र के मंढोल गांव के रहने वाले हैं और पुस्तक लिखने के साथ साथ वे आईएएस की तैयारी भी कर रहे हैं सोमेश गोयल ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ये पुस्तक मददगार बनेगी

प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने आज चम्बा में पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में जब जब भाजपा की सरकार बनी है कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों के मान सम्मान की रक्षा हुई है उन्होंने कहा कि उनका प्रकोष्ठ लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है और बूथ स्तर से प्रदेश स्तर तक बेहतर कार्य कर रहा है आयुष्मान भारत केंद्र सरकार ने देश भर में गरीब लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की है इसका उद्देश्य लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाना भी है कुल्लू जिले में भी योजना से लोग लाभान्वित हो रहे हैं

इस योजना से दस करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है कुल्लू जिले के बबेली गांव की जौली देवी का योजना के तहत मुफ्त इलाज और ऑप्रेशन हुआ है जौली देवी के परिजन राजेंद्र शर्मा ने इस योजना को गरीबों के लिए बेहद लाभदायक बताया है मंडी जिले के दूले राम भी आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पताल में चिकित्सा लाभ ले रहे हैं

इस योजना से लाभार्थियों को बिना नकद पैसे दिए अच्छे अस्पतालों में उपचार सुविधा मिल रही है सहजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने युवाओं में रचनात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक सोच के लिए खेलों को जरूरी बताया है सोलन जिले के परवाणू में कृश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि युवाओं की सकारात्मक सोच से सतत विकास को नए आयाम दिए जा सकते हैं सहजल ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए उनकी असीमित ऊर्जा को उचित दिशा देना जरूरी है लाहौल लाहौल स्पीति जिले में सर्दियों के दौरान छः माह के लिए प्रशासन ने ईंधन लकड़ी और दवाईयों समेत जरूरी वस्तुओं का भंडारण कर लिया है इसके अलावा आपदा से निपटने के लिए त्वरित कार्यदल गठित किया गया है उपायुक्त अश्वनी कुमार चौधरी ने आज केलंग में एक बैठक में बताया कि सड़क बिजली और पानी की व्यवस्था सुचारू रखने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं

एक ब्यान में इंटक के अध्यक्ष उमेश शर्मा ने कहा कि इस प्रक्रिया से सरकार ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का प्रयास कर रही है